इनमें सिर्नमा के टिकट टेलीविजन और मॉनिटर स्क्रीन तथा पावर बैंक शामिल हैं

म्यूजिक बुक संरक्षित सब्जियां और जनधन योजना के तहत बैंक खातों को कर से छूट दी गई थी

सरकार द्वारा द्विपक्षीय समझौतों के तहत गैर अनुसूचित या चार्टर संचालन द्वारा तीर्थयात्रियों की हवाई यात्रा पर अब केवल पांच प्रतिशत जीएसटी लगेगा

पुनः पूंजी निवेश से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की ऋण देने की क्षमता बढ़ेगी

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आयाजित एक सादे समारोह में श्री भार्गव का सीआईसी पद की शपथ दिलायी

सरकार ने केन्द्रीय सुचना आयोग में चार और नये सदस्य नियुक्त किये हैं इसके साथ आयोग में सदस्यों की कुल संख्या सात हो गई है जबकि चार सीटें अब भी खाली हैं

श्री गहलोत ने सोमवार रात उनके निवास पर पहंचकर पूर्व मुख्यमंत्री श्री जगन्नाथ पहाड़िया सहित परिजनों से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया

इस दौरान श्री धारीवाल ने परियोजना से जुड़े इंजीनियरों से भी बात की उनके साथ अतिरिक्त मुख्य सचिव पवन कुमार गोयल तथा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी थे श्री धारीवाल ने शहर के सुप्रसिद्ध रोजगारेश्वर मंदिर में दर्शन भी किए गौरतलब है कि कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में मैट्रो कार्य को प्रमुखता से पूरा कराने का वादा किया है

मशहूर फिल्म अभिनेता और संवाद लेखक कादरखान का कल कनाडा के एक अस्पताल में निधन हो गया

दिल दीवाना खून पसीना मुकद्दर का सिकद्दर सुहाग कुर्बानी याराना सहित कई अन्य फिल्मों में उनकी यादगार भूमिका रही

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड् और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाए दी हैं श्री रामनाथ कोविंद ने आशा व्यक्त की है कि नया वर्ष देशवासियों और पूरी दुनिया के लिए खुशी शांति और समुद्धि लेकर आयेगा श्री एम वेंकैया नायडू ने लोगों का आहवान किया कि वे मिलकर शांतिपूर्ण खुशहाल और समावेशी विश्व के निर्माण में योगदान करें प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट संदेश में सभी के अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना की है राज्यपाल कल्याण सिंह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मो ने भी नववर्ष पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं प्रदेश में नववर्ष पर लोगों ने आज अपने दोस्तों रिश्तेदारों प्रियजनों और परिचितों के साथ बधाई संदेशों शुभकामनाओं और उपहारों का आदान प्रदान किया बड़ी संख्या में श्रृद्धालुओं ने मंदिरों में दर्शन कर नये साल के शुभ और सुखद होने की कामना की

मौसम विभाग के निदेशक शिव गणेश ने बताया कि उत्तरी क्षेत्र से आने वाली हवाओं के कारण प्रदेश में ठंडबढ़ गई है

आज वहां न्यूनतम तापमान शुन्य दशमलव चार डिग्री सैल्सियस दर्ज किया गया प्रचंड सर्दी के कारण खेतों में सब्जियो धनियां और सरसों की फसल के नुकसान का अंदेशा है

हादसे में चार पर्यटक घायल हो गये जिन्हें जैसलमेर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया

वन विभाग की रेस्क्यू टीम पैथर को ढूंढने में जारी है पर अब तक कोई सफलता नहीं मिली है